प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यापारिक गतिविधियों में शूरू से आखिर तक की प्रक्रिया को आसान बनाने और कारोबारी नीतियों को सुचारू करने की जरूरत पर बल दिया है उन्होंने कहा कि इससे न केवल कारोबार करने की रैंकिंग में सुधार आयेगा बल्कि छोटे कारोबार का अस्तित्व और आम आदमी का जीवन भी सूगम होगा कल नई दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने के उपायों में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उभरती और जीवन्त अर्थव्यवस्था के रूप में यह भारत के लिए बहत ही महत्वपूर्ण है उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एफआईआर दायर करने का निर्देश दने की मांग वाली सभी याचिकाएं आज खारिज कर दी हैं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अरबा रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों की देश को जरूरत है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कोमत के बारे में व्यापक ब्यौरों का निस्तारण अदालत का काम नहीं है फैसले में कहा गया कि राफेल विमानों की खरीद मूल्य निर्धारण और ऑफसैट भागीदार के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि राफल पर उच्चतम न्यायालय का फैसला झूठ की राजनीति पर एक थप्पड़ है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राफेल सौदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके मुखिया राहुल गांधी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए

उन्होंने कहा कि राफल सौदे के बारे में लोगों को गुमराह करके कांग्रेस ने देश की छवि को न सिर्फ न्कसान पहुंचाया है बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फसला स्वागत योग्य है उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता और सेना से माफो मांगनी चाहिए

किसको सामरिक पद दिलाने के लिये इस तरह के झूठ को बोलकर राफेल डील को खटाई में डालने का प्रयास किया गया था कांग्रेस को आज देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए सेना से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस ने कहा है कि वह राफल सौदे में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि राफेल सौदे पर शीर्ष अदालत के निर्णय को कांग्रेस की नाकामी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये पार्टी प्रवक्ता रणदोप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला कांग्रेस के बयान की प्रष्टि करता है कि शीर्ष अदालत इस तरह के संवेदनशील रक्षा मामलों के फैसले लेने का मंच नहीं है श्री सुरजवाला ने कहा कि राफल के रहस्य की कई परतें हैं और उन परतों की जांच सिर्फ जे पी सी कर सकती है

उन्होंने कहा कि नई पहल के तौर पर उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली प्रबंधन के लिए यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है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

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता बनायें ताकि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलाया जा सके नई दिल्ली में श्री नायडू ने कहा कि आचार संहिता से संसद और सांसदों की गरिमा बढ़ेगी और इस महत्वपूर्ण संस्थान पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा उप राष्टपति ने कुछ सदस्यों के अमर्यादित व्यवहार से संसद के कामकाज में रूकावट पैदा होने पर चिंता जाहिर की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलह दिसम्बर को रायबरेली आ रहे हैं श्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिये मुख्यमंत्री योगो आदित्यनाथ कल रायबरेली पहुंचे जहां उन्होंने लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का स्थलीय निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा करत हुए अधिकारियों से सभी जरूरी व्यवस्थायें सुनिश्चित करने का निर्देश दिया श्री मोदी रविवार को आध्रनिक रेल कोच कारखाने को देखेंगे और हमसफर रेल बोगियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करगे इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे बुलंदशहर हिंसा मामले में कल दो और आरोपियों सौरभ पायल और रमेश को गिरफ्तार किया गया है

प्रमुख आरोपी योगेश राज अब भी फरार है और पुलिस उसे सक्रियता से तलाश कर रही है इस बीच बुलदशहर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हिंसा की इस घटना में आरोपी सभी फरार लोगों के नाम गर जमानती वारंट जारी किये हैं मामले की छानबीन विशेष जांच दल कर रहा है विगत तीन दिसम्बर को हुई इस हिंसा में स्याना के पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और स्थानीय युवक सुमित की मौत हो गई थी केन्द्र सरकार ने सऊदी अरब से अगले साल हज के लिये निर्धारित कोटे में इज़ाफा करने का अनुरोध किया है इस बारे में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जद्दा में सऊदी अरब के हज मंत्री मुहम्मद सालेह बिन ताहिर से बातचीत की

प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ एसूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में डीडी किसान चनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का शुभारंभ किया इन पुरस्कारों के ज़रिये महिला किसानों क संघर्ष और सफलता की कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से महिला किसानों को एक मंच मिलेगा